प्रदेश में बाढ़ की रिथिति गम्भीर

सत्रह हजार पांच सौ पैंतीस व्यक्ति हो चूके हैं स्वस्थ

राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जतायी गहरी संवदेना प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गम्भीर होती जा रही है आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार आठ जिलों के बत्तीस प्रखंडों के एक सौ छप्पन पंचायत की तीन लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है सीतामढ़ी शिवहर सुपौल किशनगंज दरभंगा मुजफ्फरपुर गोपालगंज और पूर्वी चम्पारण जिले मुख्य रूप से बाढ़ की चपेट में हैं हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि कई शहरी क्षेत्रों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है पश्चिम चम्पारण से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि वाल्मिकी नगर गंडक बराज से चार लाख आठ हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है जिले के बगहा भितहा धनहा बैरिया और नौतन प्रखंडों के दर्जनों गांव में पानी फैल गया है लौरिया नरकटियागंज पथ पर अशोक स्तंभ के पास डायर्वजन के बह जाने से इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बाधित है वहीं जिले में सिकरहना नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव से कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है इधर गंडक में उफान के कारण गोपालगंज जिले के निचले क्षेत्रों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से लोगों को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है पूर्वी चम्पारण जिले के मोतिहारी स्थित पुरनहियां से श्रीपुर उत्तरवारी कवैया जाने वाले पथ पर स्थित पुल पानी के तेज बहाव से टूट कर बह गया है इससे दर्जनों गांव का प्रखंड मुख्यालय से सड़क सम्पर्क ट्रट गया है वहीं मध्रबनी जिले में कमला तटबंध में लगभग दस जगहों पर रिसाव हो रहा है जिले में बहने वाली धौंस नदी का पानी कई नये इलाकों में प्रवेश कर गया है बारिश के पानी से खजौली मैनापट्टी सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है इधर सीतामढ़ी जिले के भिट्ठा मोड़ से रातो पूल के बीच एनएच एक सौ चार पर एक फूट पानी का बहाव हो रहा है श्रीखंडी भिट्ठा पूर्वी पंचायत के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया हैं शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड के दोस्तिायां गांव के पास गंडक नदी में तेजी से कटाव हो रहा है इधर कोसी नदी का पानी खगड़िया सहरसा सुपौल और मधेपुरा जिले के कई निचले इलाकों में प्रवेश कर चुका है कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि से खगड़िया जिले के ग्रामीण क्षेत्र के बसावटों और सड़कों पर जल जमाव से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी है सैकड़ों एकड़ खेत में लगी फसल नष्ट हो गयी है इधर सहरसा जिले के नवहट्टा में कोसी नदी के तटबंधों पर पानी का दबाव बना हुआ है वहीं सुपौल जिले के निर्मली कुनौली और मरौना प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हुये हैं इन प्रखंडों में कोसी की सहायक नदियों तिलयुगा खारो बिहुल और भूतही बलान का पानी प्रवेश कर गया है वहीं सदर प्रखंड के बलवा तेलवा गोपालपुर सिरे और घुरन पंचायत बाढ़ की चपेट में आ गये हैं मधेपुरा के भलुआही के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या एक सौ छह पर बारिश का पानी बढ़ जाने के कारण आवागमन बाधित हो गया है दरभंगा जिले के असरहा में सड़क पर बाढ़ का पानी चढ़ने से आवागमन पूरी तरह बाधित है दूसरी तरफ अररिया जिले में परमान नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से प्रखंड मुख्यालय के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है वहीं बकरा नदी का पानी पीरगंज पुल बैरगाछी पीरा पररिया सतबेर ठेंगापुर और कहरबारी में प्रवेश कर चुका है वैशाली जिले में बाया नदी का जलस्तर बढ़ने से पटेढ़ी और बेलस प्रखंड के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ की स्थिति को देखते हये सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट किया है लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी गयी है प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की भी मदद ली जा रही है लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश की अधिकतर नदियां खतरे के निशान से ऊपर है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर समस्तीपुर और गोपालगंज में तेजी से बढ़ा है वहीं बागमती और अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर सीतामढ़ी जिले में पांच स्थानों पर लाल निशान से ऊपर है परमान नदी अररिया में खतरे के निशान से चालीस सेंटीमीटर ऊपर है वहीं गंगा नदी का जलस्तर पटना के हाथीदह और गांधी घाट तथा भागलपुर में लाल निशान के आस पास बना हुआ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य के लिए जिला प्रशासन को पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया है उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने गंडक नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और निर्धारित मानकों के अनुसार सभी सुविधा उपलब्ध कराने को कहा श्री कुमार ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट रहने को कहा मुख्यमंत्री ने हटाई गयी आबादी वाले क्षेत्रों में कनटेनमेंट जोन होने की स्थिति में प्रभावित लोगों को अलग से रखने का निर्देश दिया है प्रदेश में लगातार भारी बारिश का सिलसिला जारी है उत्तर बिहार में पिछले चौबीस घंटों में हुई मूसलाधार बारिश ने इकतीस वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस दौरान औसतन दो सौ छह मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी है इससे पहले तीन जुलाई उन्नीस सौ नवासी को दो सौ दो मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटे में पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर में सबसे अधिक दो सौ नब्बे मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी वहीं चनपटिया में दो सौ पचास मिलीमीटर बारिश हुई है मधुबनी जिले के झंझारपुर और सीतामढ़ी जिले के सुरसंड में दो सौ बीस मिलीमीटर जबकि दरभंगा के कमतौल और शिवहर शहर में दो सौ दस मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गयी है इधर पूर्वी चंपारण जिले के चकिया केसरिया और समस्तीपुर जिले के पूसा में एक सौ नब्बे मिलीमीटर तक वर्षा हुई है इस बीच मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों तक नेपाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है विभाग के पूर्वानुमान में कहा गया है कि दरभंगा मधुबनी सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर खगड़िया पूर्वी चम्पारण शिवहर समस्तीपुर और बेगूसराय जिले सबसे अधिक प्रभावित होंगे इस दौरान वज्रपात की भी आशंका जतायी गयी है विभाग ने दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है प्रदेश में बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटना में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गयी सारण में तीन जमुई और बांका में दो दो तथा नवादा में एक व्यक्ति की मौत की खबर है प्रदेश में ड्रबने की अलग अलग घटनाओं में तीन लड़कियों समेत ग्यारह की मौत हो गयी है पूर्वी चम्पारण में चार शिवहर में तीन मुजफ्फरपुर में दो तथा पश्चिम चम्पारण और दरभंगा में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में तीन सदस्यीय केन्द्रीय टीम ने बिहार सरकार से कहा है कि वह कोविड रोकथाम क्षेत्रों में कड़े प्रतिबंध लागू करे और कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए लोगों की आवाजाही को सीमित करे पटना और गया में कोविड नियंत्रण केन्द्रों का दौरा करने के बाद श्री अग्रवाल ने राज्य के अधिकारियों से यह भी कहा कि वे कोविड उन्नीस की चेन तोड़ने के लिए संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्कों का पता लगाने के लिए कार्यनीति तैयार करें केन्द्रीय टीम ने राज्य सरकार को सलाह दी कि वह नियमित अंतराल के बाद घर घर जाकर जांच करने का काम जारी रखे और इस काम में अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को लगाया जाए उन्होंने कहा कि दिल्ली में महामारी के नियंत्रण के लिए जो काम किया गया है उस संबंध में बिहार के चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एम्स के द्वारा जल्द ही विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी प्रदेश में एक हजार छिहत्तर नये मामलों की पुष्टि के साथ ही कोविड उन्नीस के मरीजों की संख्या बढ़कर सताईस हजार चार सौ पचपन हो गयी है अब तक सबसे अधिक तीन हजार आठ सौ चौरानवे मामले पटना जिले से सामने आये हैं वहीं भागलपुर से एक हजार छह सौ निन्यानवे मुजफ्फरपुर से एक हजार एक सौ छप्पन और सीवान से एक हजार एक सौ सात लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान नौ सौ अड़तीस व्यक्ति स्वस्थ हुये हैं इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या सत्रह हजार पांच सौ पैंतीस हो गयी है स्वस्थ होने की दर मामूली सुधार के साथ चौंसठ प्रतिशत हो गयी है इधर इस महामारी से राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर दो सौ सत्रह हो गयी है स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या ग्यारह लाख पचपन हजार एक सौ इक्यानवे है वहीं देश भर में अब तक सात लाख चौबीस हजार पांच सौ अठहत्तर रोगी ठीक हुए हैं मृतकों की कुल संख्या अट्ठाईस हजार चौरासी हो गई है कोरोना संक्रमण से आरा के चिकित्सक डॉक्टर कल्याण कुमार की मौत हो गयी संक्रमण के कारण राज्य में अब तक तीन चिकित्सकों की मौत हो चुकी है सारण जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर मधेश्वर झा और सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर राम इकबाल प्रसाद कोरोना संक्रमित पाये गये हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों को होम क्वारेंटीन के दौरान दवा किट उपलब्ध कराया जायेगा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत ने सभी जिलों के जिलाधिकारी और सिविल सर्जन को इसके निर्देश दिये हैं उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अब राज्य सरकार छह सौ साठ करोड़ रूपये और खर्च कर सकेगी एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने आपदा राहत कोष से व्यय की सीमा बढ़ाकर पैंतीस प्रतिशत कर दी है उन्होंने बताया कि केंद्र ने राहत कोष में अपने हिस्से के सात सौ आठ करोड़ रुपये भी जारी किये हैं राज्य सरकार ने पटना के अठारह निजी अस्पतालों को कोविड उन्नीस के उपचार की अनुमति दे दी है इस संबंध में सिविल सर्जन ने आदेश निर्गत कर दिया है सूचीबद्ध अस्पतालों में बीस से पच्चीस प्रतिशत बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित किये गये हैं कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेश की सभी निचली अदालतें सत्ताईस ज़ुलाई तक बंद रहेंगी पटना उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि इन अदालतों में केवल रिमांड और रिलीज से जुड़े मामलों का ऑनलाइन निपटारा किया जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि कोरोना संकट के चलते देशभर में विधानसभा चुनाव और उप चुनाव नहीं टलेंगे श्री अरोड़ा ने भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि स्थिति बिगड़ने पर संबंधित एक या दो सीट को लेकर कोई निर्णय लिया जा सकता है पर चुनाव आगे नहीं बढ़ेंगे मध्य प्रदेश के राज्यपाल और बिहार के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन का आज निधन हो गया है वे लगभग पचासी वर्ष के थे और लम्बे समय से बीमार चल रहे थे लालजी टंडन इक्कीस अगस्त दो हजार अठारह से उन्नीस जुलाई दो हजार उन्नीस तक बिहार के राज्यपाल रह चुके थे उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविड प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेश के राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत कई गणमान्य लोगों ने गहरी संवेदना जतायी है बिक्रमगंज के पूर्व सांसद राम अवधेश सिंह का देर शाम निधन हो गया है उनके निधन पर राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित राजनीतिक जगत से जुड़े लोगों ने गहरी संवेदना व्यक्त की है प्रदेश में सड़क द्र्घटना में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले अनजान व्यक्ति से इलाज के पैसे नहीं मांगे जायेंगे परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं श्री अग्रवाल ने बताया कि इस निर्देश का पालन नहीं होने की शिकायत आने पर अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी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 हिन्दुस्तान की सुर्खी है बिहार भारी बारिश से बेहाल प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है बाढ़ से रहे अलर्ट लोगों को तुरंत बाहर निकाले दैनिक जागरण ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी ट्वेंटी विश्व कप के स्थगित होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा लेने के मामले में लिखता है यूजीसी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती अर्जी दायर और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गम्भीर

सत्रह हजार पांच सौ पैंतीस व्यक्ति हो चुके हैं स्वस्थ

राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जतायी गहरी संवदेना